प्रदेश में बाढ और बारिश के पानी के कारण सोलह जिलों की दो हजार छह सौ उनयासी ग्रामीण सड़कें और छब्बीस पुल क्षतिग्रस्त हो गये हैं पिछले दस वर्षो में बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं बाढ़ के चलते हजार एकड़ में लगी फसल भी बर्बाद हो गयी राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि नुकसान का आकलन कराया जा रहा है इस बीच प्रदेश में बाढ़ के हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं गंगा बागमती ब्रढ़ी गंडक और अध्वारा की सहायक नदियों में पानी का स्तर घट रहा है राहत शिविरों से लोग अपने घरों को लौट रहे हैं बाढ़ का पानी उतरने के बाद पांच सौ सड़कों पर यातायात बहाल कर दिया गया है जिलों से रिपोर्ट आने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरूस्त करने का काम श्रू किया जायेगा इधर पानी के दबाव के कारण दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर परिचालन अभी भी ठप है बागमती नदी का जलस्तर थलवारा और हयाघाट स्टेशनों के बीच बने रेल के पुल को छू रहा है जिसके कारण रेल यातायात पिछले चार दिनों से बाधित है इसके मद्देनजर बाईस रेलगाडियों का परिचालन रद्द किया गया है जबकि आठ रेलगाडियों का मार्ग बदल दिया गया है किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन दो से तीन दिनों में शुरू होने की संभावना है राज्य के तेरह जिलों की अठासी लाख से ज्यादा आबादी पर बाढ़ का असर हुआ है बाढ़ से जुड़ी घटनाओं के कारण अब तक एक सौ तीस लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव का कार्य जारी है प्रदेश के तेरह जिले जहां बाढ़ की चपेट में हैं वहीं बाईस जिलों में सूखे की स्थिति बन रही है समय बीतने के बाद भी धान की रोपनी आधी ही हुई है आठ जिलों में बीस प्रतिशत से भी कम धान की रोपनी हो पायी है इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रधान सचिव तथा सचिव तीन और चार अगस्त को अपने प्रभार वाले जिलों का भ्रमण कर बाढ़ और सूखे के हालात का जायजा लेंगे साथ ही राहत कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे वे सात अगस्त तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मॉनसून कमजोर हो गया है जिसके चलते गर्मी बढ़ गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश शहरों में बारिश नहीं होने की उम्मीद है

इस दौरान वे पटना विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे साथ ही पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन और लोहिया नगर स्थित सवेरा कैंसर तथा मल्टी स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये जा रहे हैं केन्द्र सरकार ने गैर यूरिया खादों की कीमतों में स्थिरता के लिए पोषक तत्व आधारित फॉस्फेट और पोटाश वाले उर्वरकों की सब्सिडी बढ़ा दी है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने चालू वित्त वर्ष के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे सरकारी खजाने पर बाईस हजार आठ सौ पचहत्तर करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा उन्होंने कहा कि कृषि की लागत घटाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है केन्द्र सरकार बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई संस्थान को अनुदान देगी इस अनुदान से आईटीआई का विकास होगा और छात्रों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी इसकी शुरूआत आईटीआई पटना गया और डेहरी से कर दी गयी है यह अनुदान स्ट्रीव स्कीम के तहत दिया जा रहा है स्ट्रीव स्कीम के तहत मूल रूप से वैसे आईटीआई को प्रोत्साहित करना है जहां छात्रों के लिए बेहतरीन शिक्षा और ऑन जॉब ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के बाद अनुदान की अनुशंसा करेंगे बिजली चोरी के नाम पर लोगों को झूठे केस में फंसाने वाले इंजीनियरों को बर्खास्त किया जायेगा इस संबंध में मिल रही शिकायतों के बाद बिजली कंपनी ने मुख्य अभियंता से लेकर सभी अभियंताओं को पत्र भेजकर इस संबंध में निर्देश जारी किया है निर्देश के अनुसार छापेमारी के बाद बनने वाली रिपोर्ट में अभियंताओं को हर हाल में नियम कानून का पालन करना होगा अगर किसी उपभोक्ता ने शिकायत कर दी और जांच में पाया गया कि इंजीनियरों ने जान ब्रुझ कर फंसाने की कोशिश की है तो उसकी नौकरी जा सकती है राज्य की मतदाता सूची में नये नाम जोड़ने और संशोधन का काम आज से शुरू हो रहा है यह तीस अगस्त तक चलेगा इस दौरान पहली जनवरी दो हजार बीस को अठारह वर्ष की उम्र पार करने वाले अपना नाम मतदाता सूची में दाखिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं बूथ लेबल अधिकारियों के माध्यम से नाम शामिल कराने और संशोधन के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा सूची में नाम शामिल करने के लिए पासपोर्ट ड्राइविंग लाईसेंस आधार समेत अन्य दस्तावेजों के साथ फार्म भरना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में पौधारोपण अभियान की शुरूआत करेंगे इसके तहत राज्य में मिशन मोड में पचास लाख पौधे लगाये जायेंगे बिहार कुश्ती संघ के तत्वावधान में आज से दानापुर स्थित रेलवे परिसर में प्रथम राज्यस्तरीय कृश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है कृश्ती संघ के महासचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर के पचास से अधिक महिला और पुरूष पहलवान भाग लेंगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव दस सितम्बर को होगा बीसीसीआई द्वारा बिहार क्रिकेट को पूर्ण मान्यता मिलने के बाद यह पहला चूनाव है बीसीए के संयुक्त चुनाव अधिकारी विनय कर्मशील ने बताया कि उन्नीस से तेईस अगस्त तक पांच प्रमुख पदों के लिए नामांकन भरे जायेंगे कोलकाता में सम्पन्न पांचवें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैम्पियनशिप में राज्य के खिलाड़ियों ने आठ स्वर्ण छह रजत और छह कांस्य पदक जीते हैं मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह आज पटना पूलिस को अपनी आवाज का सैंपल देंगे पिछले दिनों पुलिस ने विधायक के पटना आवास पर नोटिस चिपकाकर उन्हे आज पूर्वाहन ग्यारह बजे पटेल भवन स्थित एफएसएल लैब में उपस्थित होकर अपनी आवाज का सैंपल देने को कहा है गौरतलब है कि पुलिस की विशेष टीम हत्या के एक मामले में सुपारी देने वाला विधायक का ऑडियो वायरल होने के मामले की जांच कर रही है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर के साले संजय कुमार सिंह की करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की जायेगी संजय ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प का अध्यक्ष था इधर सीबीआई की टीम ने बालिका गृह में रह चुकी एक लड़की से पूछताछ की है बिहार सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए अठहत्तर कल्याणकारी योजनाओं को ऑनलाईन कर दिया है अब लोग घर बैठे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर बासठ रूपये पचास पैसे सस्ता हो गया है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सूर्खी बनया है हिन्द्रस्तान ने प्रदेश में पौधारोपण अभियान मिशन मोड में चलाने की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार की सड़कों के किनारे लगेंगे डेढ़ करोड़ पौधे दैनिक जागरण की सुर्खी है विस्फोट में नालंदा का जवान रौशन शहीद प्रभात खबर लिखता है इतिहास व भूगोल पढ़ने वाले ही बनेंगे सोशल साइंस के शिक्षक दैनिक भास्कर की सुर्खी है एईएस पीड़ित परिवारों को नल का जल और शौचालय की सुविधा एक माह में और अब अंत में मुख्य समाचार उत्तर बिहार में बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान